वे आज हमीरपुर में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकारें हमेशा महिलाओं की हितैषी रहीं है और उनके उत्थान व सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं उन्होंने कहा कि नारी शक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर सम्भव कार्य करती है ऐसे में लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए महिला मोर्चा सराहनीय कार्य करेगा

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नई उंचाईयों को छ् रहा है और देश को फिर से उनकी आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से युवा नेता अनुराग ठाकुर को पार्टी प्रत्याशी बनाया गया है और इन्होंने संसद में हमेशा प्रदेश व हमीरपुर की आवाज को उठाया है रेंडमाईजेशन आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की पहली रेंडमाईजेशन प्रक्रिया पूरी की गई सोलन के जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार की मौजूदगी में सोलन में स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की पहली रेंडमाईजेशन की गई इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे रेंडमाईजेशन के बाद मशीनों को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक निवार्चन अधिकारियों को कड़ी सुरक्षा के बीच भण्डारण के लिए दिया गया उधर कुल्लू जिला में प्रयोग की जाने वाली इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की पहली रेंडमाईजेशन प्रक्रिया भी आज पूरी की गई ये प्रक्रिया ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम सोफ्टवेयर के माध्यम से की गई

उन्होंने बताया कि अगले चरण की रेंडमाईजेशन प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्र स्तर पर की जाएगी इस मौके विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और एडीएम अक्षय सूद भी मौजूद रहे स्वीप कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत आज कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के पिपलागे गांव में जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रशिक्षुओं को मतदान के महत्व से अवगत करवाया गया इस दौरान स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी रमन जैन और सहायक नोडल अधिकारी राजीव चड्ढा ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की

वहीं ऊना स्थित महाविद्यालय में स्वीप कार्यक्रम के तहत आज एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई इस अवसर पर विद्यार्थियों को मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया गया नियंत्रण कक्ष लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों व पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को किसी भी तरह के प्रलोभन देने संबंधी शिकायत दर्ज करवाने के लिए सोलन में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि उपायुक्त कार्यालय में स्थापित ये नियंत्रण कक्ष निर्वाचन अवधि के दौरान चौबीसों घंटे संचालित रहेगा

पर्यवेक्षक बैठक लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में सहायक निर्वाचन अधिकारी सुरेन्द्र ठाक्र की अध्यक्षता में आज चुनाव व्यय पर्यवेक्षकों की एक बैठक हुई उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए निर्वाचन व्यय निगरानी प्रणाली स्थापित की है सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि जिले में उड़न दस्तों और अन्य आवश्यक टीमों का गठन भी कर लिया गया है धुमल भारत दुनिया की चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बन गया है जो अंतरिक्ष में भी अपने दुश्मन के उपग्रह को नष्ट कर सकता है ये बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने हमीरपुर की चारियां दी धार पंचायत में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि जिस सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता

ध्रमल ने कहा कि इस परीक्षण के बाद भारत अमेरिका चीन और रूस के बाद चौथा अंतरिक्ष महाशक्ति देश बन गया है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा